इसके लिए विशेष अभियान भी शुरू किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और सरकार की कार्ययोजना के बारे में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि अट्ठारह से चवालीस वर्ष की उम्र तक के लोगों के लिए भी आगामी एक मई से कोविड टीकाकरण शुरू होने जा रहा है इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोविशील्ड और को वैक्सीन टीकों के पच्चीस पच्चीस लाख डोज का संबंधित कंपनियों को ऑर्डर दे दिया गया है मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने केन्द्र सरकार से कोविड वैक्सीन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के साथ ही यह आग्रह भी किया है कि पूरे देश में इन टीकों का एक समान मूल्य होना चाहिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को ये कोविड वैक्सीन निःशुल्क लगाने का निर्णय लिया है छत्तीसगढ़ में अट्ठारह से चवालीस वर्ष की आयु वाले लगभग एक करोड़ पैंतीस लाख लोग हैं इस आबादी को निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने में राज्य सरकार पर करीब एक हजार करोड़ रूपये का आर्थिक बोझ आएगा मुख्यमंत्री ने सामाजिक संगठनों और आम लोगों से अपील की है कि वे सरकार के इस कार्य में अपनी ओर से आर्थिक मदद कर सकते हैं इसके लिए मदद का हाथ वैक्सीनेशन के साथ नाम से विशेष अभियान शुरू किया गया है

ये मेडिसीन किट ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जा रही है ताकि ये निःशुल्क रूप से उन लोगों को दी जा सके जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं ये किट मुख्य रूप से ऐसे लोगों को दी जा रही है जिन्होंने या तो कोविड टेस्ट नहीं कराया है या कोविड टेस्ट कराने के बाद उनकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है लेकिन उनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोविड मरीजों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजनयुक्त बेड आईसीयू बेड या वेंटीलेटर की कोई कमी नहीं है श्री बघेल ने लोगों से अपील की है कि कोरोना लक्षण दिखने पर वे घबराएं नहीं और राज्य शासन द्वारा निर्धारित दवाओं का सेवन शुरू कर दें तथा अपना कोविड टेस्ट जरूर कराएं साथ ही जो पात्र लोग हैं वे कोविड वैक्सीन भी अवश्य लगवाएं कोरोना टीकाकरण देश में कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के तहत एक मई से अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा इस चरण के लिए पंजीकरण को विन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप पर कल से शुरू हो जाएगा छत्तीसगढ़ में इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर टीकाकरण के विषय में चर्चा की और तैयारियों से संबंधित जानकारी ली मुख्यमंत्री ने श्री शाह को बताया कि राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई है वहीं राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे साधु संतों और जैन मुनियों के कोरोना टीकाकरण के लिए अलग से प्रावधान करने की मांग की है जिनके पास आधार कार्ड नहीं हो इस बीच कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाके के लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है बिलासपुर जिले के बीजा और पटेता गांव में सभी पात्र लोगों ने टीका लगवाकर जागरूक होने का परिचय दिया है रक्षा मंत्री सुझाव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट से निपटने को लिए सेना के भूतपूर्व डॉक्टरों और भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं लेने का सुझाव दिया है रक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से कल फोन पर चर्चा कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी ली उन्होंने सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस संकट से निपटने के लिए सेना के भूतपूर्व चिकित्सकों नर्स लैब टेक्नीशियन और भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जा सकती हैं रक्षामंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान स्काउड गाइड्स और राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के स्वयंसेवकों के साथ ही एनसीसी कैडेटों की भी सेवाएं ली जा सकती हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रक्षामंत्री के सुझाव का स्वागत किया है राज्यपाल सुश्री उइके ने मुख्यमंत्री से चर्चा करते हुए कहा कि सेना के भूतपूर्व डॉक्टरों और भूतपूर्व सैनिकों के साथ आभासी बैठक कर उनसे लिए जा सकने वाले सहयोग की कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए

इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या छह लाख सड़सठ हजार से अधिक हो गई है वर्तमान में एक लाख इक्कीस हजार से कुछ अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से दो सौ पंद्रह लोगों की मृत्यु हुई है जनसंपर्क विभाग के सहायक संचालक डॉक्टर छेदीलाल तिवारी का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर तिवारी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है इस बीच राजनांदगांव जिले में समाजसेवी संस्थाओं द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों लोगों को सूखा अनाज और अन्य सामानों का वितरण किया जा रहा है महापौर हेमा देशमुख और नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी ने इस संबंध में शहर की समाजसेवी संस्थाओं तथा चेंबर ऑफ कॉमर्स के स्थानीय प्रतिनिधियों की बैठक में चर्चा की महापौर ने इस अभियान में आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया राजनांदगांव में ही कोरोना मरीजों के लिए दवा बैंक की शुरूआत भी की गई है नगर के पुराने अस्पताल के परिसर में यह बैंक संचालित की जा रही है इसमें ऐसे कोरोना मरीज जो स्वस्थ हो चुके हैं और जिनके पास कुछ दवाइयां बाकी रह गई हैं वे इन दवाइयों को जमा करा सकते हैं ये दवाइयां किसी अन्य जरूरतमंद कोरोना मरीज को मुफ्त में दी जाएंगी

उन्होंने इस संयंत्र का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि यहां से उपलब्ध होने वाले ऑक्सीजन का उपयोग आवश्यकता के अनुसार शासकीय मेडिकल कॉलेज और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना मरीजों के लिए किया जा सके इस बीच जगदलपुर में जिला प्रशासन द्वारा बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कराई जा रही है इसके लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड परिसर में विशेष रूप से व्यवस्था की गई है कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि यदि कोई यात्री कोरोना पॉजीटिव पाया जाता है तो उसके लिए एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए उन्होंने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड परिसर को नियमित रूप से सेनेटाईज करने के भी निर्देश दिए वहीं बीजापुर में कलेक्टर ने टीकाकरण अभियान के प्रचार प्रसार के लिए कल जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों की बैठक ली उन्होंने कहा कि टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है इधर कबीरधाम के कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग से अधिकारियों से कहा है कि जिले में कोरोना नियंत्रण के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी का विस्तृत ब्यौरा रखा जाए उन्होंने कहा कि कोरोना जांच के बाद जिन व्यक्तियों की रिपोर्ट नहीं आई है या जिनमें कोरोना के लक्षण तो हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है ऐसे व्यक्तियों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाए वहीं अन्य मरीजों को उनकी स्थिति के अनुसार डेडीकेटेड कोविड अस्पताल या कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाए

कलेक्टर ने कहा कि जिले के सीमावर्ती गांवों में चेकपोस्ट पर ऑक्सीमीटर और थर्मल गन की व्यवस्था अवश्य की जाए उधर जांजगीर चांपा जिले में कलेक्टर ने निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित दर सहित अन्य निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है इस संबंध में कलेक्टर ने जिला चिकित्सा अधिकारी सहित जिले के सभी निजी अस्पतालों को पत्र जारी किया है

साथ ही चेंबर के प्रतिनिधियों ने स्थानीय स्तर पर संचालित व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने की मांग भी की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में रायपुर दुर्ग और बिलासपुर जिलों के पदाधिकारियों ने इस संबंध में चर्चा की राज्य के विभिन्न जिलों में लॉकडाउन के दौरान अब स्थानीय ऑनलाइन शॉप और ई कॉमर्स सेवाओं के लिए होम डिलीवरी की अनुमति रद्द कर दी गई है कौशिक सीएम पत्र नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर भाजपा विधायकों को विश्वास में लिए बिना विधायक निधि की संपूर्ण राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किए जाने पर आपत्ति जताई है अपने पत्र में श्री कौशिक ने कहा है कि भाजपा विधायकों द्वारा चालू वित्त वर्ष में विधायक निधि से स्वीकृत राशि को छोड़कर बचत राशि का उपयोग कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उनके संबंधित विधानसभा क्षेत्र में ही किया जाए करूणा शुक्ला निधन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और पूर्व विधायक तथा पूर्व सांसद करुणा शुक्ला का निधन हो गया है पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित होने के बाद उनका रायपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था जहां कल देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली आज सुबह उनका पार्थिव शरीर गृहनगर बलौदाबाजार लाया गया जहां उनके पति माधव शुक्ला ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करूणा शुक्ला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अपने ट्वीट संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि पूर्व सांसद करूणा शुक्ला का निधन बहुत ही दुखद घटना है वहीं मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि कोरोना ने एक बड़ी नेत्री को हमसे छीन लिया प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भी करूणा शुक्ला के निधन पर शोक व्यक्त किया है भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित अन्य पार्टी नेताओं ने अपने शोक संदेश में कहा कि करूणा शुक्ला के रूप में हमने आज एक मुखर आवाज और स्त्री शक्ति की एक प्रखर प्रतीक को खो दिया है प्रदेश के अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने भी करूणा श्क्ला के निधन पर द्ख व्यक्त किया है गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीति की शुरूआत करने वाली करूणा शुक्ला विधायक और सांसद भी रहीं वर्ष दो हजार चौदह में वे भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई थी भाजपा नेता के तौर पर उन्होंने वर्ष दो हजार चार में जांजगीर से लोकसभा चुनाव जीता था मुंगेली हत्या मुंगेली जिले के जरेली गांव में जमीन विवाद के कारण एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गई वहीं क्छ अन्य लोग घायल भी हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह जरेली के एक ग्रामीण का एक अन्य व्यक्ति के साथ जमीन को लेकर विवाद हो गया विवाद बढ़ने पर अन्य व्यक्ति ने अपने पुत्र सहित आठ से दस लोगों के साथ मिलकर ग्रामीण और उसके परिजनों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया इस हमले में ग्रामीण के अलावा उसके पुत्र और पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई इस हमले में ग्रामीण के क्छ अन्य परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अरविंद कुजूर के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपी और उसके पुत्र सहित पांच लोगों को हिरासत में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है रेमडेसिविर इंजेक्शन राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी थोक दवा विक्रेताओं से कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण औषधि नियंत्रण विभाग की जानकारी में लाए बिना नहीं करें औषधि विभाग के नियंत्रक द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ती मांग के कारण इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी की लगातार शिकायते मिल रही हैं इसलिए वर्तमान परिस्थिति में रेमडेसिविर इंजेक्शन का युक्तिसंगत वितरण अतिआवश्यक हो गया है औषधि नियंत्रक ने कहा है कि इस निर्देश का पालन नहीं करने पर दवा विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा राज्यपाल कोरोना जागरूकता द्र्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा कल अट्ठाईस अप्रैल को कोरोना संक्रमण रोकथाम संबंधित ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम कोरोना से डरो ना वैक्सीन है ना का ऑनलाइन आयोजन किया जाएगा कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुइया उइके होंगी हनुमान जयंती हनुमान जयंती आज देशभर में पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है कोरोना संक्रमण और प्रदेशभर में लागू लॉकडाउन के कारण आज हनुमान जयंती पर सार्वजनिक आयोजन नहीं हो रहे हैं बल्कि भक्तगण अपने घरों पर रहकर ही हनुमान जी की आराधना और पूजा कर रहे हैं राज्यपाल अनुसुईया उईके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हनुमान जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है राज्यपाल ने कहा कि पवनपुत्र का जीवन भक्ति और शक्ति का प्रतीक है जो हर संकट का सामना करने और उस पर विजय पाने की प्रेरणा देता है राज्यपाल ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों से घर पर रहकर ही हनुमान जयंती मनाने की अपील की है साथ ही उन्होंने कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करने का आग्रह भी किया है मुख्यमंत्री ने अपने श्भकामना संदेश में कहा है कि संकटमोचन हनुमान जी सभी विपत्तियों को हर कर कल्याण करने वाले हैं उन्होंने प्रार्थना की है कि प्रा विश्व कोरोना संक्रमण रुपी संकट से जल्द मुक्त हो संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में कोंडागांव जिला कलेक्टर ने कोरोना टीकाकरण कार्य में लापरवाही बरतने वाले लिहागांव और कोसमी गांव के पंचायत सचिवों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं